आत्मनिर्मर भारत अभियान केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा कि अब गांव के लोगों को शहर नहीं आना होगा गांव में ही उद्योग धंधे शुरू कर सबको कार्य दिया जाएगा इस अभियान के तहत गांव को सशक्त और समृद्ध बनाया जाएगा गांव में मजदूर और गरीब की प्रगति कैसे हो इस पर जोर दिया जा रहा है श्री गडकरी आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की एक वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के तहत वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि चंबल क्षेत्र में हाईवे का काम शुरू होगा और उसके आसपास उद्योग धंधे भी शुरू किये जाएंगे

वीडियों कॉन्फ्रेसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते सहित प्रबुद्व नागरिक भी शामिल हुए रोजगार सेतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हर श्रमिक को रोजगार देने के लिये रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश लोटे प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिये यह पोर्टल शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूरा कर लिया है

टयूशन फीस मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार को चुनौती देते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूल संचालकों के एक संघ ने कहा कि स्कूल संचालकों पर केवल ट्यूशन फीस ही वसूले जाने सहित कोविड काल में अन्य बंधन लगाना अनुचित है

ग्रीन जिला प्रदेश का निवाड़ी एक मात्र ऐसा जिला है जहां अब तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है लगातार प्रशासनिक निगरानी और अधिकारियों और कर्मचारियों की मुस्तैदी के परिणाम स्वरूप यह संभव हो पाया है डॉक्टरों की टीम द्वारा लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है

हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक आधे से भी ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं

खंडवा जिले के लिये आज राहत भरी खबर रही

मंदसौर जिला चिकित्सालय में कल से कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी पर ड्राप मोर काप खेती में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्राप मोर क्राप घटक के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के लिए चार हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने नाबार्ड के जरिए पांच हजार करोड़ रूपये का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया है

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजना लागू करने के लिए कहा गया है और यह योजना इसी वर्ष अक्टूबर तक लागू कर दी जाएगी इससे शहरों के बाजारों में भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी मॉनसुन बंगाल की खाड़ी अरब सागर और गुजरात में ऊपरी हवाओं का चक्रवात बनने और एक ट्रफ प्रदेश के उत्तरी भाग से गुजरने के चलते आगामी एक से दो दिनों में प्रदेश भर में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है

रतलाम में आज तेज बारिश होने से जल भराव की स्थिति निर्मित होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा नरसिंहपुर जिले में भी आज तेज आंधी के साथ बारिश हुई

सीजीएचएस पैनल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे